जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को अपने अपने क्षेत्र के लोगों तक पहंचाएं तथा उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं की खूबियों के बारे में भी बताएं जयराम ठाक्र आज सराज विधानसभा क्षेत्र के बगसयाड़ में क्षेत्र के भाजपा ग्रम केंद्र अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बूथ पालक और कार्यकर्ताओं को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने जनता से भी आग्रह किया कि वह नरेन्द्र मोदी को फिर से सत्ता सौंपने के लिए लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दें उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के लिए योजनाएं शुरू की हैं जिससे लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं इस अवसर पर बड़ी संरव्या में क्षेत्र के लोग कांग्रेस छोडकर भाजपा में शामिल हुए

कपूर ने कहा कि भरमौरी के अलावा कांग्रेस आज दिन तक गददी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाई है किशन कपूर आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस गददी समुदाय का हितैषी करने का ढोंग रच रही है उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है और इसी कारण वह घटिया राजनीति पर उतर आई है शिकायत प्रदेश भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति ने प्रदेश कांग्रेस द्वारा किए गए एक कथित आपत्तिजनक ट्विट को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की है भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी चंद्रमोहन ठाक्र ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अभी से अपनी हार सामने देख बौखला गई है और झूठ व फेब का सहारा लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है उन्होंने कांग्रेस के ट्विट को भाजपा विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का भद्दा प्रयास करार दिया चंद्रमोहन ठाकुर ने केंद्रीय चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि दोषियों के खिलाफ तुरंत आपराधिक मामला दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि कांग्रेस भविष्य में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न करें अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के प्रति कांग्रेस गंभीर नहीं है अनुराग ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि लोकपाल चयन समिति की बैठक में गैर हाजिर रहकर नेता प्रतिपक्ष मल्किार्जुन खडगे ने ये साबित कर दिया है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है उन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल के गठन को केंद्र की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता करार दिया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और कालेधन के सारे रास्ते बंद करने के लिए एक के बाद एक कड़े कानून बनाए सरकार के इन फैसलों से विकास कार्यो में भ्रष्टाचार खत्म करने में बड़ी कामयाबी मिली है पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार आज सांय मीरामार बीच पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया

मीरामार के लिए शव यात्रा शाम चार बजे शुरू हुई और शाम पांच बजे पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा और कई अन्य नेताओं ने पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने मनोहर पर्रिकर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि मनोहर पर्रिकर एक ईमानदार राजनीतिज्ञ थे और देश के प्रति उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा